उन्होंने चकबंदी कार्यो में तेजी लाने के लिए विभाग को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने के निर्देश दिये

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को स्वैच्छिक चकबंदी क लिए तैयार करें अधिकारी नियमित रूप से ग्रामवासियों से सम्पर्क करें और उन्हें चकबंदी के लाभों से अवगत करायें

मुख्यमंत्री ने कहा कि चकबंदी प्रकिया में लंबित मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये उन्होंने चकबंदी से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का उपयोग गोचर भूमि खेल का मैदान चिकित्सालय और विद्यालय बनाने में करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयन समयबद्ध तरीके से किये जाने के निर्देश दिये हैं

बैठक के दौरान राज्य में शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों में तीन छात्रावासों के निर्माण जैविक मंडी विपणन केन्द्रों और जैविक सुसज्जित प्रयागशाला की स्थापना तथा हाट पैठ के निर्माण प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने एजेंडे के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने कहा ऐसे दल झूठ मेव जयते की नीति पर चलते हैं आज नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक प्रेस वार्ता को लखनऊ में संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि यह कानून भारत के किसी भी व्यक्ति के हितों के खिलाफ नहीं है चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इस कानून को लेकर लोगों के बीच झूठ फैलाने का काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दोबारा सत्ता में आते ही ये पार्टियां बेचैन हो गयी और इस तरह के षड़यंत्र उसी बेचैनी का नतीजा है लेकिन हमारी सरकार समावशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की नीति पर काम कर रही है

यह सरकार समावेशी विकास के संकल्प के साथ सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ सबके साथ सबके विकास के संकल्प के साथ आखिरी आदमी की आंखों में खुशी उनकी जिंदगी में खुशहाली आयेगी इस संकल्प के साथ और देश सौभाग्य और भाईचारे का तानाबाना मज़बूत रहे इस दर्ज़ के साथ लगातार काम करती रही

इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छात्र अभिभावक और शिक्षकों को परीक्षाओं में बिना भय और तनाव के भाग लेना चाहिए

मेरे युवा साथी परीक्षाओं के समय हंसते खिलखिलाते दिखें पेरेंट्स तनाव मुक्त हों टीचर्स आश्वस्त हों इसी उद्देश्य को लेकर पिछले कई सालों से हम मन की बात के माध्यम से परीक्षा पर चर्चा टाउनहॉल के माध्यम से या फिर एग्जाम वॉरियर बुक के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं

यह कार्यक्रम दूरदर्शन के डीडी नेशनल दूरदर्शन समाचार डीडी इंडिया तथा आकाशवाणी के मीडियम वेव और एफएम चैनल पर उपलब्ध रहेगा भारतीय जनता पार्टी ने आशा व्यक्त की है कि अगले महीने जन आकांक्षाओं के अनुरूप केन्द्रीय बजट पेश किया जाएगा इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श किया श्रीमती सीतारामन ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ चार दौर की बैठक की और बजट पर उनके विचार सुने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा

दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी हुनर को बाजारों की जरूरत के हिसाब से तलाशने और प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में हुनर हब स्थापित किये जा रहे है इसी के अन्तर्गत विभिन्न जगहों पर हुनर हाट आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में आज से इक्कीस जनवरी तक हुनर हाट का आयोजन किया गया है इसका औपचारिक उद्घाटन कल सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी करेंगे यह हुनर हाट प्रतिदिन प्रातः ग्यारह बजे से रात्रि दस बजे तक खुला रहेगा

जनगणना कर्मी घरों की सूची तैयार करने से संबंधित चरण के दौरान परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर शौचालयों टेलिविजन इंटरनेट वाहनों और पीने के पानी के स्रोत सहित कई जानकारी मागेंगे मोबाइल नम्बर केवल जनगणना से संबंधित बातचीत और जानकारी हासिल करने के लिए मांगा जाएगा प्रत्येक परिवार से यह भी पूछा जाएगा कि क्या उस परिवार के पास टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्ट फोन साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड कार या जीप या अन्य कोई वाहन रेडियो या ट्रांजिस्टर लैपटॉप या कम्प्यूटर है या नहीं जनगणना कर्मी बिजली के मुख्य स्रोत परिवार के पास शौचालय की सुविधा उपयोग किये गये पानी के निकलने की व्यवस्था रसोईघर की उपलब्धता एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मुख्य ईंधन से संबंधित जानकारी भी मागेंगे

आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर आज विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

वैश्विक स्तर पर कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी सिखाई जा रही है और लोग भारत की संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग वेबसाइट और मोबाइल पर बढ़ रहा है इस अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया गया कानपुर में बीएनएसडी इन्टर कॉलेज में विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया इस अवसर पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि हिन्दी लोक मंगल की भाषा है भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में हिन्दी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश की संस्कृति और समाज को जानने समझने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयेाजित किये गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य ने अरूणाचल प्रदेश को भागीदार राज्य बनाया जिससे दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ है बाइट अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक दल ने पिछले महीने आगरा में अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया और साथ ही उत्तर प्रदेश के पारंपरिक खान पान का भी जायका लिया उत्तर प्रदेश के अनेक कलाकारों ने भी अरुणाचल प्रदेश में अपनी प्रस्तुति दी संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक वाईपीसिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा अरुणाचल के कलाकार उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश गए इन दोनों कलाकारों के माध्यम से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ इससे जो है राष्ट्रीय हितता मजबूत हुई है हाल ही में लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी महीने के हर द्रसरे शुक्रवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत दिवस मनाने का फैसला किया है विश्वविद्यालय ने इस अभियान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन साल भर करने के लिए एक क्लब का भी गठन किया है